मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी इन्दौर धार मंदसौर नीमच सहित कल कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हई बारिश

दोपहर तीन बजे के बाद बचे हुए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा मैदान में उतरे उम्मीद्वारों को चुनाव चिन्ह आंवटित किये जायेंगे

जिनकी जांच शनिवार को की गई थी

मतदाता जागरूकता प्रदेश में तीन नवंबर को होने वाले उपच्नाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की मलहरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुढ़िया बुजुर्ग चाचई सेमरा जैतपुरा और बमोरी में ग्रामीणों ने रैली निकालकर मतदान में सहभागिता का संदेश दिया गुना के बमोरी में भी रंगोली कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया उधर मुरैना जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कल कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग निकाला गया जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों जौरा सुमावली मुरैना अंबाह और दिमनी में उपचुनाव होने है इस बीच राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृहमंत्री नरौत्तम मिश्रा आज पोहरी और करैरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे यहां प्रत्याशियों के समर्थन में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रैलियां करेंगे खंडवा जिले के मांधाता में कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन चुनावी सभा की वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अशोक चव्हाण और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण यादव ने रैलियों को संबोधित किया ग्राम विवादविहीन छिंदवाड़ा जिले की भाजीपानी पंचायत के चारगांव पिंजारा को ऑनलाईन विवादविहीन ग्राम घोषित किया गया है अपर जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविन्द क्मार गोयल ने बताया कि ग्राम में रह रहे लोगों के मध्य विवाद नहीं रहे और यदि विवाद हो तो आपसी सूझबूझ व समझौते के आधार पर वैकल्पिक माध्यम से उनका निराकरण हो जाये इसी उद्देश्य से विवादविहीन ग्राम योजना संचालित की जा रही है और निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले ऐसे ग्रामों को विवादविहीन ग्राम घोषित किया जाता है

सबसे ज्यादा प्रभावित इन्दौर में भी अब संकमण में कमी आती हई नजर आ रही है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

षहर में नदी के किनारे बर्से कड़ावघाट छत्रीबाग और मच्छी बाजार क्षेत्र के रहवासियों ने अपने व्यय से घरों की मल जल निकासी को इनेज लाइन से जुड़वाना षुरू कर दिया है नगर निगम ने आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मल जल निकासी को ड्रेनेज लाइन से जोड़ने के लिए रहवासी स्वेच्छा से खर्च कर रहे हैं

मौसम उत्तर पूर्वी हवाए तेज नहीं चलने और आसमान में हल्के बादल छाये रहने और धूप निकलने से प्रदेश के मौसम में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है पिछले वर्षो में नवरात्रि तक गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ जाता था लेकिन इस दफा सर्दी का कोई खास असर महसूस नहीं हो रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जल्दी बंगाल की खाड़ी में कोई वैदर सिस्टम बनने के बाद उसके मूवमेंट के आधार पर ही प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने के आसार बनेंगे

इस बीच इंदौर और होशंगाबाद संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की खबर है इन्दौर जिले में कल अनेक स्थानों पर देर षाम एकाएक मौसम में बदलाव के साथ कल शाम तेज बारिष दर्ज की गई वहीं नीमच में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई मंदसौर में देर रात हुए बारिश से लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली है बारिश से चना और लहसून जैसी फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है वहीं इससे धार जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गयी आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल का दिन ऐतिहासिक रहा जहां दोनों मैचों का फैसला तीन सुपर ओवर के जरिए हुआ बीती रात किंग्स इलेवन पंजाब ने मैच के बाद रोमांचक दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस पर जीत हासिल की

मैच टाई होने पर नतीजे पर पहुंचने के लिए हुए सुपर ओवर में दोनों टीमों ने पांच पांच रन बनाए

इससे पहले अबु धाबी में एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर के माध्यम से सनराइजर्स हैदराबाद को हराया

आज अबु धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा